समारोह में फिल्म निर्माण में अनुकल माहौल उपलब्ध कराने के लिए मध्यप्रदेश को पुरस्कृत किया गया

मध्य प्रदेश में शुटिंग करने वाले प्रतिष्ठित फिल्कारों ने भी राज्य में दी गई सुविधाओं की सराहना की थी वहीं बेस्ट प्रमोशनल फिल्म वर्ग में प्रदेश के फिल्म निर्देशक राजेन्द्र जांगले की फिल्म चंदेरीनामा का चयन किया गया ये फिल्म चंदेरी साड़ी की बुनाई कला की विरासत का खूबसुरती से बखान करती है वहीं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मरणोपरान्त फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना को प्रदान किया शाह प्रवास भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह कल मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल आएंगे श्री शाह भोपाल में स्थानीय भेल दशहरा मैदान पर आयोजित पार्टी की प्रदेशस्तरीय बैठक को संबोधित करेंगे श्री शाह कल पार्टी के विभिन्न वर्गो से जुड़े करीब चार हजार चुने हुए प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे पार्टी की प्रदेश इकाई के नवनियुक्त अध्यक्ष राकेश सिंह सभी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं

इन जिलों के नोडल अधिकारी राज्यों के नोडल अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी एक दिन के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी यह सम्मेलन अनुभव साझा करने का अवसर प्रदान करेगा और नये जिलों को कार्यक्रम की सफलतापूर्वक योजना बनाने और लागू करने के लिए प्रेरित करेगा अजय सिंह राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने भिंड में आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में महिला पुरुष उम्मीदवारों का एक ही कमरे में मेडिकल कराने की कड़ी आलोचना की है श्री सिंह ने आज भोपाल में जारी बयान में कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की जनता को प्रताड़ित करने पर उतर आए हैं इसके पूर्व धार जिले में लोगों की छाती पर उनकी जाति लिखी गई थी वही इसके पहले गांव में लोगों के घरों के दरवाजे पर मैं गरीब हूं का तमगा चस्पा किया था भोपाल सेंट्रल जेल में माथे पर पहचान अंकित की गई थी नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने इन कृत्यों के लिए माफी मांगना चाहिए लालसिंह अनुसुचित जाति कल्याण राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य ने कहा है कि छात्रावासों के विद्यार्थियों को सप्ताह में एक स्थान का भ्रमण अवश्य करवायें उन्होंने कहा कि बच्चों को पास के औद्योगिक क्षेत्र मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज का भ्रमण करवाया जाये राज्य मंत्री श्री आर्य आज अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की समीक्षा कर रहे थे

आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नवीनतम जानकारियों के साथ प्रशिक्षण उपलब्य करवाने के लिये जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था जीआईजेड़ के सहयोग से ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरु किया जा रहा है ऑगनवाड़ी शिक्षा के नाम से तैयार वर्चुअल लर्निग प्लेटफार्म प्रदेश की सभी ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता और पर्यवेक्षकों के लिए विकसित किया गया है इसमें सभी कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक अपने अपने कार्यस्थल पर एक साथ समान रूप से प्रशिक्षण ले सकेंगी इसे बहत ही सरल मनोरंजक और प्रभावी बनाया गया है

सूचना मिलने पर पुलिस की टीम ने मौके पर पहँचकर बचाव कार्य शुरू किया और लोगों को अस्पताल पहँचाया घायलों का उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है इसमें से चार लोगों को बेहतर उपचार के लिये जबलपुर भेजा गया है उधर सतना जिले में हल्की बारिश के बीच तेज हवाओं के कारण हए हादसों में दो लोगों की मौत हो गयी इसके अलावा नागौद थाना क्षेत्र के घोंराहटी गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गयी हेमंत कटारे अटेर से कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली छात्रा ने अपने सभी आरोप वापस ले लिये हैं छात्रा का कहना है कि उसने दवाब में आकर श्री कटारे पर आरोप लगाये थे

इस सम्मेलन में विकासखंडों में कार्यरत स्व सहायता समूह के सदस्य बैंको के प्रतिनिधि ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रभारी और स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य भाग लेंगे सम्मेलन में आजीविका मिशन और कौशल विकास कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कृत और सम्मानित किया जायेगा

पंचायत ग्रामीण विकास एवं सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे

गेहूं खरीदी प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का काम जारी है अब तक करीब पचास लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है

वहीं राज्य सरकार द्वारा चना मसूर और सरसों की खरीदी भी समर्थन मूल्य पर की जा रही है इस खरीदी के लिए किसानों को लगातार भुगतान किया जा रहा है

विश्व प्रेस दिवस विश्व प्रेस फ्रीडम दिवस पर आज प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकतंत्र को मजबूत करने वाली अभिव्यक्ति की आजादी को समर्पित इस दिवस की सभी को श्रभकामनायें दी हैं मीडियाकर्मियों से अपील करते हए उन्होंने कहा कि संकल्प लें कि इस माध्यम का दरूपयोग न हो पाये जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्र ने भी मीडिया को बधाई देते हए कहा कि पत्रकारिता का इतिहास गौरवशाली है प्रेस दिवस के मौके पर ब्रहानपुर में महिलाओं और बालक बालिकाओं से जुड़े संवेदनशील मामलों में मीडिया की भूमिका और रिपोर्टिंग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला में महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित कानूनों की जानकारी दी गई संक्षिप्त समाचार जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में राज्यपाल ने विद्यार्थियों को उपाधियां वितरित की

इस दौरान वे विभिन्न बैठकों में हिस्सा लेंगे